मुख्यमंत्री बस्तर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर जिले में कुपोषण को मिटाने के लिए हरिक नानी बेरा यानी खुशहाल बचपन अभियान की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने अड़सठ करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यो की घोषणा के साथ ही लगभग एक सौ चौबीस करोड़ रूपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया तोकापाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सात महीने के कार्यकाल में राज्य सरकार ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं इससे लोगों की न केवल क्रय शक्ति बढ़ी है बल्कि उनका मान सम्मान भी बढ़ा है श्री बघेल ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी कुपोषण एक बड़ी चुनौती है कुपोषण को मिटाने के लिए दंतेवाड़ा में सुपोषित अभियान के बाद अब बस्तर जिले में खुशहाल बचपन अभियान की शुरूआत की जा रही है उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर दो अक्टूबर से पूरे प्रदेश में कुपोषण मुक्ति अभियान प्रारंभ किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री ने लोहण्डीगुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में बत्तीस करोड़ रूपये के विकास कार्यो की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि लोहण्डीगुड़ा में महाविद्यालय खोलने के साथ ही आसना में बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी गंगरेल बांध पानी प्रदेश के कुछ जिलों में अल्पवर्षा की स्थिति को देखते हुए खरीफ फसल की सिंचाई के लिए रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध से पानी छोड़ा गया है राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने और खरीफ फसलों को बचाने के लिए बांधों से पानी छोड़ने का निर्णय लिया है जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने विभागीय अधिकारियों को बांधों से खरीफ फसल की सिंचाई के लिए पानी देने के निर्देश दिए थे इस निर्देश के बाद आज सुबह गंगरेल बांध के आठ नंबर रेडियल गेट को खोल दिया गया जहां से प्रारंभिक तौर पर पांच सौ सात क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है वहीं रूद्री स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज से महानदी मुख्य नहर के जरिये किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा जल संसाधन विभाग के मुताबिक वर्तमान में गंगरेल बांध का जलस्तर तीन सौ तिरालीस मीटर के करीब है कृषि मंत्री कृषि महाविद्यालय कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज पाटन क्षेत्र के ग्राम मर्रा में कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केन्द्र क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए अहम भूमिका निभाएगा कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का आधा बजट किसानों और गरीबों पर खर्च किया जा रहा है सरकार ने न केवल किसानों की कर्जमाफी की बल्कि किसानों को कृषि ऋण भी प्रदान किए गए उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अल्पवर्षा की स्थिति को देखते हुए खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए बांधों से पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं इस अवसर पर श्री चौबे ने हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य कृषि सामग्री वितरित की शासकीय कार्यालय तस्वीर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और भवनों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी लगाई जाएंगी राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है आदेश के मुताबिक इनकी तस्वीरें सभी शासकीय कार्यालयों नगरीय निकायों पंचायत कार्यालयों सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस आदि में लगाया जाना अनिवार्य है विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया है और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की बात कही है वर्षा जल को कैसे एकत्रित किया जाए और जल की बर्बादी को कैसे रोका जाए इस पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की छत्तीसगढ़ भू जल वैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष विपिन दुबे से जल संरक्षण और संवर्धन विषय पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

वे कुछ दिनों से बीमार थे और उनका इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा था उन्होंने चांपा शहर के नजदीक ग्राम सोंठी में भारतीय कृष्ठ निवारक संघ द्वारा संचालित आश्रम में कृष्ठ पीड़ितों के इलाज के साथ ही उनके पुनर्वास के अनेक कार्यो की शुरूआत की थी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री बापट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि कुष्ठ रोगियों की सेवा जैसे कार्य के लिए समाज के विरले लोग ही आगे आते हैं स्वर्गीय बापट ने अपना पूरा जीवन कृष्ठ रोगियों की सेवा कर अनुकरणीय कार्य किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बापट ने अपना पूरा जीवन कृष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया मानवता की सेवा के लिए उनका समर्पण अनुकरणीय और देहदान का संकल्प प्रेरणादायक है

दूरदर्शन ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर उनके निधन की सूचना दी है वे पिछले बीस वर्षो से द्रदर्शन से जुड़ी हुई थीं और उन्हें इसी साल मार्च में नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया था नीलम शर्मा ने तेजस्विनी से लेकर बड़ी चर्चा जैसे कई लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन किया दूरदर्शन ने उनके निधन पर शोक जताया है परीक्षा स्थगित छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड तीन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है यह परीक्षा उन्नीस और बीस अगस्त को रायपुर भिलाई दुर्ग और बिलासपुर स्थित केन्द्रों में ऑनलाइन होने वाली थी विधानसभा के सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने बताया कि लिखित परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी वहीं सहायक मार्शल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक नापजोख और दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आगामी सत्ताईस अगस्त को सुबह ग्यारह बजे से नरदहा स्थित कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में आयोजित की जाएगी कांग्रेस राजीव गांधी जयंती पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर बीस अगस्त को प्रदेश कांग्रेस द्वारा राजधानी रायपुर सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे पार्टी के प्रदेश महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर माल्यार्पण और प्रार्थना सभा के अलावा पौधरोपण और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे वहीं उनके स्वप्न और व्यक्तित्व पर संगोष्ठी और परिचर्चा का कार्यक्रम भी रखा गया है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम प्रदेश में इन दिनों मानसून के कमजोर होने से बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं इसके साथ ही तापमान में भी मामूली बढ़ोत्तरी हुई है वहीं बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है इसके अगले चौबीस घंटों में कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है जबकि समुद्र तल से मानसून की द्रोणिका हरियाणा राजस्थान और मध्यप्रदेश से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है इसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ रायपुर द्वारा कल अट्ठारह अगस्त को श्रोता मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में किया जाएगा वहीं ओल्ड लिसनर्स ग्रूप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा बीस अगस्त को रेडियो श्रोता सम्मेलन रेडियो और फोन इन रिकॉर्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है रायपुर रेलमंडल के अंतर्गत हथबंद क्षेत्र में सिग्नल मेंटनेंस के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे के एक अधिकारी की मौत हो गई जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया बिलासपुर जिले में गौरेला अमरकंटक मार्ग पर करंगरा घाटी के पास कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने में दो लोगों की मौत हो गई रायपुर जिले में अट्ठारह पुलिस निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया गया है